नई दिल्ली में आज एसोचैम के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्ष मे देश ने अर्थव्यवस्था का आधार इतना मजबूत कर लिया है कि ऐसे लक्ष्य निर्धारित और हासिल किये जा सकते हैं भारत की अर्थव्यवस्था तय नियमों से चले तय लक्ष्यों की तरफ बढ़े इसके लिए हमने व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन किए हैं चौतरफा फैसले लिए हैं उद्योग जगत की दशकों पुरानी मांगों को पूरा करने पर ध्यान दिया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश को इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि पांच साल पहले अर्थव्यवस्था विनाश की ओर जा रही थी लेकिन उनकी सरकार इसमें अनुशासन और सकारात्मकता लेकर आई है उन्होने कहा कि देश में अब ऐसी सरकार है जो किसानों श्रमिकों और कॉरपोरेट जगत की सुनती है

श्री मोदी ने बैकिंग और कॉरपोरेट क्षेत्र से जुड़े लोगों को आश्वस्त किया कि प्रानी कमजोरियां दूर कर ली गई हैं और उन्हें अब साहसिक फैसले करने चाहिए खुला निवेश करना चाहिए और अच्छी तरह खर्च करना चाहिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया है कि वे लोगों को नागरिकता संशोधन कानून पर गुमराह कर रहे हैं कल लखनऊ में मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में हिंसा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जायेगी और पथराव और आगजनी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी मुख्यमंत्री ने हिंसा की घटनाओं पर सख्त नाराजगी जताते हुए इसे राष्ट्र द्रोह करार दिया उन्होंने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी उधर प्रदेश के कुछ स्थानों पर आज असामाजिक तत्वों ने शान्ति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने तुरन्त स्थिति को नियंत्रण में कर लिया प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर पुलिस बल की तैनाती की गयी है संवेदनशील इलाकों में विशेष उपाय किए गए हैं प्रदेश में धारा एक सौ चवालीस लागू होने के कारण प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंध है राजधानी लखनऊ बरेली अलीगढ़ मेरठ मुजफ्फरनगर और सहारनपुर सहित विभिन्न जिलों में एहतियातन इंटरनेट सेवाए रोक दी गई हैं हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि आम लोगों में विश्वास बनाए रखने के लिए कई जिलों में पुलिस ने फ्लैगमार्च किया बलरामपुर जिले में पुलिस ने लाउडस्पीकर से लोगों को शांति बनाए रखने का संदेश दिया सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कुछ लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में भ्रम फैलाना चाहते हैं आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री जावडेकर ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है उन्होंने लोगों से किसी भी तरह की हिंसा से बचने की भी अपील की प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी भारतीय की नागरिकता पर किसी प्रकार का संकट नहीं है उन्होंने कहा कि इस कानन के विरोध का कोई औचित्य नहीं है श्री शाही ने आज देवरिया में पत्रकारों से कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा करना राष्ट्र हित में नहीं है उन्हॉने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि यह कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि नागरिकता देने के लिए लाया गया है बह्जन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में कल प्रदेश में हुई हिंसा की निन्दा की है उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हिंसा और आगजनी का समर्थन नहीं करती और न ही इन घटनाओं में शामिल होती है बसपा अध्यक्ष ने आज बयान जारी कर कहा कि उनकी पार्टी नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करती है लेकिन किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करती पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत पेरिस समझौते के तहत कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को जल्द हासिल करने वाला प्रमुख देश है आज नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत के लिए कार्वन उत्सर्जन का स्तर पैंतीस प्रतिशत तक घटाने का लक्ष्य था और हम अब तक स्तर इक्कीस प्रतिशत तक कम कर चुके हैं श्री जावड़ेकर ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के भारत के प्रयास की हाल ही में सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पच्चीसवें अधिवेशन में सराहना की गई थी यह सम्मेलन जलवायू परिवर्तन पर आयोजित किया गया था पर्यावरण मंत्री ने कहा कि शिखर सम्मेलन में ऐसा कोई भी फैसला नहीं किया गया जो भारत के हितों के विरूद्व हो भाजपा के निष्कासित विधायक कूलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव दुष्कर्म और अपहरण मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है अदालत ने अपने आदेश में पीड़ित परिवार को दस लाख रूपये मुआवजा देने और उस पर पचीस लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है